राज्यपाल ने राज्य की शैक्षणिक परिदृश्य में सुधार के लिए अभिनव नीतियों और कार्यक्रमों में विकास करने की सलाह दी वे कल ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे

तवांग जिला उपायुक्त सम्मेलन हॉल में कल स्मार्ट विलेज मूवमेंट एस वी एम के संबंध में आयोजित बैठक में बताया गया कि सभाव्यता अध्ययन के आधार पर इन तीनों गांवों का चयन किया गया है परियोजनाओं की अवधारणा और पद्दति के बारे में बताते हुए क्षेत्रीय सहायक तोनिया लोलेन ने बताया कि इस मूवमेंट का मुख्य लक्ष्य राज्य में सौ स्मार्ट गांवो का निर्माण करना है उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत ग्रामीणों को वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है कर एवं अबकारी तथा पर्यटन मंत्री जारकार गामलिन ने लोगों से अपने क्षेत्र के विकास के लिए किये जा रहे विकासशील मामलों पर अनावश्यक मुश्किले पैदा न करने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को स्थानीय लोगों के हित के लिए विकास कार्यों को करने की अनुमति देनी चाहिए ये बात श्री गामलिन ने आज वेस्ट सियांग जिले के आलों के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिए दो मंजिला छात्रावास का उद्घाटन करते हुए कहा श्री गामलिन ने शिक्षको से छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों से वर्तमान के चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने शैक्षिक गतिविधियों में कड़ी मेहनत करने की सलाह दी समारोह में वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त सोदे पोतोम भी उपस्थित थे सियांग जिला उपायुक्त राजीव ताकुक सहित स्कूली शिक्षा के उप निदेशक तायांग तातक ने कल केबांग माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया मुख्यमंत्री आधुनिक पाठशाला योजना के अंतर्गत केबांग माध्यमिक विद्यालय को मॉडल आवासीय स्क्रल के रुप में चयनित किया गया है दौरे के दौरान जिला उपायुक्त ने शिक्षको और अभिभावको से केबांग माध्यमिक स्कूल को सही मायनों में मॉडल स्कूल बनाने के लिए अपना सहयोग देने और मिलकर काम करने को कहा उन्होंने कहा कि वे नियमित तौर पर स्कूल का निरीक्षण करते रहेंगे और छात्रावास के लिए वर्तन ब्रनियादी सुविधा और अन्य आवश्यकताओ का तत्काल व्यवस्था करने का आश्वासन भी दिया डी डी एस ई ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत छात्रो के चयन के लिए टेस्ट का आयोजन हो चुका है और पंजीकरण प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है चांगलांग नोर्थ विधायक तेसम पोंगते ने कल जिले में शिक्षक ट्रांसिट केंप का उद्घाटन किया इस बीच अरुणाचल शिक्षक संघ की चांगलांग जिला इकाई ने जिले के शिक्षण समुदायों के लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सांसदो का आभार व्यक्त किया है चांगलांग जिले में शिक्षक ट्रांसिट केंप का निर्माण समूचे शिक्षण समूदायों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और इससे उनके रहने की समस्या दूर होने की उम्मीद है तेजू के कामगार एवं रोजगार कार्यालय में कल अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगर कल्याण बोर्ड के पंजीकृत कामगारों के लिए एक दिवसीय जागरुकता शिविर का आयोजन हुआ

उन्होंने सभी कामगारों से सरकारी योजनाओं के लाभों का पूरा उपयोग करने को कहा कार्यक्रम में जिला कामगार एवं रोजगार अधिकारी ली एटे ने व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित दोनों क्षेत्रों के पंजीकृत कामगारों को बोर्ड द्वारा दिए जा रहे विभिन्न लाभों की जानकारी दी समारोह में सभी पंजीकृत कामगारों को टी वी सेट कंबल सोलर लैंप बूत मच्छर दानी और रेनकोट वितरित किए गए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 आज का अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया